एक्जिट पोल विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बना सस्पेंस एक्जिट पोल तक भी जारी है सात अलग अलग चैनलों द्वारा कराये गये एक्जिट पोल का औसत निकाले तो प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस दोनो ही बहुमत के आंकड़े से दूर नजर आ रहे हैं

बहुजन समाजवादी पार्टी दो सीट जीत सकती है जबकि बाकी सीटें अन्य खाते में जायेंगी इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी मध्यप्रदेश की ही तरह के नतीजे नजर आ रहे हैं

अजीत जोगी और बसपा को पांच सीटें मिल सकती हैं

कई जिलों में मतगणना में शामिल होने वाले सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है सतना जिले में भी मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में है

इसमें मतगणना स्थल की कई व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई सीधी में मतगणना संजय गांधी कॉलेज में की जायेगी हमारे खरगोन संवाददाता ने बताया है कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं

डॉ सुब्रमण्यम डॉ कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है उनका कार्यकाल तीन साल का होगा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई डॉ सुब्रमण्यम इस समय हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं सीबीएसई केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने सीबीएसई और दूसरे बोर्ड के अंकों में असामानता को दूर करने के उपाय खोजने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को निर्देशित किया है

एमपी पीएससी परिणाम मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग ने राज्य सरकार के विभिन्न पदों के लिये जुलाई में हुई मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिये हैं

इन प्रतिभागियों को अब साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा

यह देश की आन बान शान की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों और रक्षाकर्मियों को सम्मानित करने के लिए हर साल सात दिसम्बर को मनाया जाता है प्रदेश में भी आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया राज्यपाल आंनदी बेन पटेल ने लोगों से बहादुर सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण के लिये यथाशक्ति दान देने की अपील की है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झंडा दिवस की शुभकांमनायें देते हुये ट्वीट किया कि आपदा और संकट की घड़ी में देश और देशवासियों के लिये सशस्त्र सेना दीवार बनकर खड़ी होती है भोपाल के सैनिक विश्रामगृह में आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर शहीद कैप्टन देवाशीष शर्मा की वीर माता श्रीमती निर्मला द्वारा निर्मित सेरेमिक वस्तुओं की प्रदर्शनी का उदघाटन सेवा निवृत्त मेजर जनरल एसके सिन्हों ने किया जनसंचार दीक्षांत लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा है कि मीडिया को जिम्मेदारी के साथ खबरें देनी चाहिए

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिम्मेदार मीडिया लोकतंत्र के विकास में सहायक होता है क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व पर जोर देते हुए श्रीमती महाजन ने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में कारगर संवाद केवल क्षेत्रीय भाषाओं में ही संभव है भारतीय जनसंचार संस्थान ने इस दीक्षांत समारोह में छात्रों को पहली बार संस्कृत मराठी और मलयालम में पी जी डिप्लोमा प्रदान किये शराब जब्त इंदौर जिले की खजराना पुलिस ने आज लगभग डेढ़ करोड़ रूपये की अंग्रेजी शराब जप्त की हैं पुलिस सुत्रों ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका गया

ट्रक की तलाशी के दौरान उसका चालक मौके से फरार हो गया शराब की पेटियों को हरियाणा से गुजरात ले जाया जा रहा था इस मामले में आबकारी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है लोक अदालत प्रदेश में कल उच्च न्यायालय जिला श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा इनमें दीवानी और आपराधिक मामलों सहित सभी प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई होगी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सिविल विद्युत अधिनियम श्रम मोटर द्र्घटना दावा कृट्म्ब न्यायालय ग्राम न्यायालय राजस्व उपभोक्ता फोरम आदी प्रकरणों और आवेदन का निराकरण आपसी सहमति से किया जाएगा